गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गम्भीर

अब तक छह सौ दस लोगों की मौत चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेगा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास करेंगे इधर कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव टालने की मांग के बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा बिहार विधानसभा चूनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा का चूनाव सम्पर्क अभियान कल से शुरू होगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि यह अभियान दो अक्टूबर तक चलेगा इसके लिए तेईस समूह बनाये गये हैं जनता दल यूनाईटेड ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला देश का पहला राजनीतिक दल बना है राज्य में पन्द्रह वर्षों से सरकार चला रहे जदयू ने जनता से संवाद की दिशा में यह कामयाबी हासिल की है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसके साथ तालमेल करेगी इसका निर्णय तीस अगस्त तक करेंगे भाकपा माले ने चूनाव आयोग से सभी मतदानकर्मियों और प्रलिसकर्मियों को पचास लाख रूपये का बीमा और बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने को कहा है उन्होंने कहा है कि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और वे आगे यह जिम्मेवारी नहीं संभालना चाहती है आज नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नया अध्यक्ष को लेकर चर्चा होने की सम्भावना है गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है गंगा नदी में उफान से सबसे अधिक प्रभावित खगड़िया भागलपुर कटिहार और मुंगेर जिले हैं मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र के साथ साथ तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं वहीं शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है

नाथनगर के दियारा इलाके में सब्जियों और फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है इधर मुजफ्फरपुर और आस पास के इलाकों में हो रही बारिश से एक बार फिर नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है

कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मनिहारी प्रखंड के कई पंचायतों में भीषण कटाव हो रहा है बाढ़ के पानी के कारण प्राणपुर मनिहारी अमदाबाद और बरारी प्रखंड के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है इधर भोजपुर जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है कई गांवों का संपर्क प्रखण्ड मुख्यालय से भंग हो गया है जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है इधर बक्सर जिले में कई स्थानों पर गंगा नदी से कटाव शुरू हो गया है दियारा के कछार में नदी के पानी के फैलाव को देखते हुये अभी से लोग ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं वहीं गंगा की सहायक नदियों कर्मनाशा ठोरा धर्मावती और कंचन के तटीय इलाको में भी पानी रिसाव होने लगा है उत्तर बिहार के जिलों दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपूर सूपौल सहरसा और मधेपूरा में हालात अब सामान्य होने लगे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ तीस प्रखंडों के लगभग चौरासी लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज और सारण जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड में भसही नदी की धारा को तोड़ने के लिए बना स्टर्ड नदी में समा गया है मौके पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जारी है वहीं बैकुंठपुर प्रखंड में भी स्थिति और खराब हो गयी है कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने से लोग फुटपाथ पर रहने को विवश हैं सारण जिले में कई ग्रामीण सड़कों पर तीन से चार फूट पानी आ गया है जिस कारण आवागमन बाधित हैं वहीं जिले के तरैया में बाढ़ के पानी में कमी आयी है सिवान की भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है गंगा नदी को छोड़कर प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट का सिलसिला जारी है जल संसाधन विभाग के अनुसार कई प्रमुख नदियों के जलस्तर स्थिर बनी हुई है या इसमें कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट हाथीदह के साथ साथ मुंगेर और भागलपुर में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में गिरावट आयी है गंडक नदी पश्मिच चंपारण के चटिया में लाल निशान से नीचे आ गयी है जबकि गोपालगंज के ड्मरियाघाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र छियासठ सेंटीमीटर ऊपर रह गया है वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपूर के रोसड़ा में लाल निशान से अब भी दो मीटर साठ सेंटीमीटर जबकि खगड़िया में लगभग एक मीटर ऊपर है सिकन्दरपुर और समस्तीपुर में नदी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदप्र बेनीबाद और हायाघाट में अभी लाल निशान से ऊपर है लेकिन जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है अधवारा समूह की नदियां अब केवल दरभंगा के एकमीघाट में लाल निशान से चौंसठ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कमला बलान और कोसी नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे है वहीं महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृति बनी है लेकिन यह तैयबपुर ढेंगराघाट और झावा में लाल निशान के नीचे बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जतायी है बंगाल की खाड़ी में बने निम्न हवा का दबाव बनने के कारण राज्य के पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण मुजफ्फरपुर सारण सीवान समस्तीपुर अरवल जहानाबाद बेगूसराय और भोजपुर सहित कई इलाकों में बारिश की सम्भावना है राज्य में प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार आचरण संहिता लागू कर दी गयी है

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में इंटरमीडिएट सत्र दो हजार बीस बाईस में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची आज जारी की जायेगी इस सूची में जिन छात्रों का नाम रहेगा वे उनतीस अगस्त तक संबंधित स्कूल या कॉलेज में नामांकन करा सकते हैं इससे पहले इंटर नामांकन के लिए पहली सूची बोर्ड ने जारी की थी इधर नवोदय विद्यालय समिति ने विद्यालय में नामांकन की तिथि तीस सितम्बर तक बढ़ा दी है केन्द्र सरकार ने बिहार सहित देशभर के शिक्षकों से नई शिक्षा नीति दो हजार बीस के सुझाव मांगे हैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अनीता करवाल ने इस संबंध में राज्य शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है पत्र में केन्द्र ने बिहार सरकार से शिक्षकों के सुझाव चौबीस से इकतीस अगस्त के बीच ऑनलाईन देने को कहा है केन्द्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नई वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरु कर दिया है आधार प्रमाणन के इच्छुक लोगों को तीन कार्य दिवसों के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा और इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा प्रदेश में कोविड उन्नीस के दो हजार दो सौ सैंतालीस नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बाईस हजार एक सौ छप्पन हो गई है सबसे अधिक दो सौ तीन मामले पटना जिले से सामने आये हैं बेगूसराय से एक सौ उनसठ मुजफ्फरपुर से एक सौ सत्ताईस सहरसा से एक सौ बीस और भागलपुर से एक सौ पंद्रह मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसी तरह मध्रबनी से संतानवे कटिहार से छियानवे गया से इक्यासी पूर्णिया से उनासी और पूर्वी चंपारण से छिहत्तर मामलों की प्रष्टि हुई है इधर राज्य में कोविड उन्नीस मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार अब तक अस्सी दशमलव छह प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एक दिन में स्वस्थ होने वालों की दर एक प्रतिशत से अधिक बढ़ी है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार पांच सौ इकतीस मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर अंठानवे हजार चार सौ चौवन हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों में नौ लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर छह सौ दस हो गया है राजधानी पटना में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में लगातार कमी आ रही है जिले में स्वस्थ होने की दर अस्सी प्रतिशत से अधिक हो गयी है अब तक चौदह हजार एक सौ बीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है जबकि एक सौ चौदह लोगों की इस महामारी से मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संविदा पर काम कर रहे कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गये हैं संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण कोविड की जांच भी प्रभावित हुई है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा उन्होंने बताया कि कोविड उन्नीस से बचाव के लिए देश में बन रही तीन में से एक वैक्सीन मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है

उनकी संख्यालगभग आधा दर्जन के करीब है उसमें से भी तीन जो हैं वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्सके फर्स्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज तक पहुंच गये हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर उनकेरिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आयेंगे और हमें सफलता मिलेगी आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मेदांता अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि लोगों को रचनात्मक गतिविधियों में रुचि लेनी चाहिए

ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में हमारी बहुत मदद करते हैं हम सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से टेलीफोन कन्वर्सेसन करें बात करें लोगों से

अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जायेगा राज्य सरकार विशेष फसलों की खेती से लेकर उत्पाद की ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग तक का खर्च देगी राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इसके लिए कुल खर्च का मात्र दस प्रतिशत ही किसान को वहन करना होगा पांच साल के भीतर प्रोसेसिंग मशीन की मरम्मत की जरूरत पड़ी तो उसका भी खर्च का नब्बे प्रतिशत सरकार वहन करेंगी कृषि मंत्री ने कहा कि समूह में विशेष फसल की खेती के लिए यह योजना राज्य के बारह जिलों में लागू की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने कहा कि अरुण जेटली ने कर्मठतापूर्वक देश की सेवा की उन्होंने कहा कि श्री जेटली की बुद्धिमत्ता कानूनी ज्ञान और उनका सौम्य व्यक्तित्व असाधारण था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के हवाले से लिखा है नीतीश के नेतृत्व में जब भी लड़े हम जीते दैनिक जागरण ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार में राजग एकजुट भाजपा जदयू लोजपा साथ लड़ेंगे चुनाव आज अखबार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है रिया को आज समन जारी कर सकती है सीबीआई

गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गम्भीर

अब तक छह सौ दस लोगों की मौत